सभी जिलों में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की तापमान आधारित जांच स्निश्चित करने के लिए कहा गया है

वहीं छह याचिकाएं म्ख्य पीठ जबलप्र में दायर की गई थी प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की यूगलपीठ ने राज्य शासन तथा पीएससी को निर्देश दिया है कि जिन याचिकाओं में जवाब पेश नहीं किया गया उनमें अगली सुनवाई तक जवाब पेश किया जाए सामाजिक संगठन अपाक्स सहित अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया है कि पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण के प्रावधान गलत तरीके से लागू किए गए हैं

सड़क हादसा इंदौर के लस्डिया थाना क्षेत्र में निरंजनप्र चौराहे के पास कल देर रात भीषण सड़क हाद में छह य्वकों की मौत हो गई बताया जाता है कि तेज गति से जा रही उनकी कार सड़क किनारे खड़े टैंकर में जा घ्सी

मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी नमस्कार